मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सदस्यों की भावनाओं से सहमति जताते हुए कहा कि प्रदेश के सामाजिक ढांचे में गांव ब्रढ़ा और ब्रढी की अहम भ्रमिका है मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बस्ती में पचास घरों यानी दो सौ व्यक्तियों पर गांव ब्रूढ़ा ब्रूढी की नियुक्ति करने का प्रावधान है उन्होंने कहा कि बजट से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक में वे इससे संबंधित सभी मूद्दों पर चर्चा करेंगे राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने उनके क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की कम का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया

आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक लाईसम सिमाई द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा ट्रांस अरुणाचल हाईवे के तहत तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जिले में राजमार्ग के निर्माण कार्य से संबंधित सभी बाधाओं को दूर कर सरकार इस परियोजना को जल्द श्रु करेगी उन्होंने कहा कि ट्रांस अरुणाचल हाईवें के लालप्र मनमाउ चांगलांग खंड के संबंध में केंद्र को आवश्यक कागजात भेजे जा चुके है और जल्द ही इस मामले पर अनुमति मिलने की आशा है पूर्व मुख्यमंत्री और सागाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक नाबम तुकी ने आज विधानसभा में अंचल अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और प्रदेश के सभी अंचलों में विकास और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता से किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा इस समय राज्य में सर्किल ऑफिसर के दो सौ बीस पद खाली है श्री खांडू ने कहा कि सरकार नियमित निय्क्तियां होने तक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर ग्रप ए के अधिकारियों को सर्किल ऑफिसर का कार्यभार देने पर भी विचार कर रही है

कल विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि अनेक अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजना का लाभ सभी क्षेत्रों और वर्गों तक पहुंचाने के लिए उचित अनुपात में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति जरुरी है श्री खांड्र ने सदन को बताया कि इस मुद्दे पर राज्य के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से चर्चा की गई है और उन्हें कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में आज से शुरु हो गए है विभिन्न खेलों में देशभर से आए छह हजार पांच सौ खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे है पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया युवा खेलों के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिज्र असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद है बाईस जनवरी तल चलने वाले इस प्रतियोगिता के लिए हरियाणा असम और महाराष्ट्र ने सबसे बड़े दल भेजे हैं दादरा और नगर हवेली का दल सबसे छोटा है